इस चरण में बीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के इक्यानबे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा इस महीने की पच्चीस तारीख तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं जिनकी जांच छब्बीस तारीख को की जायेगी अट्ठाईस मार्च तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं चुनाव के पहले चरण में अगले महीने की ग्यारह तारीख को मतदान होगा अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेष की लोकसभा की सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाज़ियाबाद और गौतमब्द्वनगर में आज से नामांकन प्रक्रिया षुरू हो गयी राज्य में ग्यारह अप्रैल से उन्नीस मई तक सात चरणों में मतदान होगा और तेइस मई को सभी चरणों के मतों की गिनती होगी प्रदेष के इन आठ जिलों में एक करोड़ पचास लाख मतदाता हैं जिनमें बयासी लाख चौबीस हजार पुरूश अड़सठ लाख उन्तालीस हजार महिला और एक हजार चौदह थर्ड जेंडर के मतदाता हैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गोआ के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दुखद निधन पर संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिवंगत नेता के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया मंत्रिमंडल ने संवेदना संदेश में कहा कि देश ने अनुभवी और क्शल नेता खो दिया है उन्हें लोग प्यार से आम जनता का मुख्यमंत्री कहकर बुलाते थे संदेश में कहा गया है कि पर्रिकर सरल और योग्य प्रशासक के रूप में याद किए जाएंगे आधुनिक गोवा और देश की सशस्त्र सेनाओं के आध्रनिकीकरण तथा पूर्व सैनिकों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता मंत्रिमंडल ने शोक संतप्त परिवार और गोवा की जनता के प्रति समूचे देश की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त की है श्री मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार आज पणजी में मिरामार बीच के पास पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है लम्बी बीमारी के बाद कल उनका निधन हो गया था वे तिरसठ वर्ष के थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगी रहे श्री पर्रिकर के अंतिम संस्कार में उपस्थित रहे बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस से कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में उन सात लोकसभा सीटों के बारे में गलतफहमी पैदा न करे जिन्हें उसने बसपा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए छोड़ा है एक प्रेस विज्ञप्ति में बसपा प्रमुख ने अपनी पार्टी का यह निर्णय दोहराया कि वह उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है सुश्री मायावती ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सभी अस्सी सीटों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने को स्वतंत्र है समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन बीजेपी से मुकाबला करने में सक्षम है

उन्होंने बताया कि चुनावी पाठशाला का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है इसके लिए उन्होंने शहरी क्षेत्र में सभी अधिशासी अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी तथा सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जाए तथा मतदान करने के लिए अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक किया जाए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के अनुरूप सक्रियतापूर्वक कार्य कर कम मतदान वाले मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मतदाताओं को चुनावी पाठशाला से जोड़ कर जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में होली मनाने की एक अपनी अलग परंपरा निभाई गई यूं तो फाल्ग्न शुक्ल एकादशी यानी रंगभरी एकादशी से ही रंगोत्सव का पर्व होली की काशी की शुरुआत हो जाती है जिसमें मंदिर से लेकर सड़कों तक और घरों से लेकर अब श्मशान तक अबीर गुलाल उड़ने शरू हो गये हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी पर बाबा के गौने में शामिल न होने वाले औघड़ भूत पिशाच के साथ दूसरे दिन देवाधिदेव महादेव ने जलती चिताओं के बीच होली खेली थी घाट पर शवदाह करने के लिए आए लोगों व विदेशी पर्यटकों के लिए यह दृश्य हैरान करने वाला रहा

लोग डमरुओं की गूंज और हर हर महादेव के नारे के साथ एक दूसरे को चिता भस्म लगाते रहे दोपहर में इक्यावन वाद्ययंत्रों के ध्वनि के बीच महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर भक्तो ने बाबा मशान नाथ को विधिवत भस्म अबीर गुलाल और रंग लगाकर डमरुओं की गूंज के बीच भव्य आरती की